भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि देने के लिए आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सर्वदलीय प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया

प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जीवन कितना लम्बा हो यह हमारे हाथ में नहीं है लेकिन जीवन कैसा हो यह हमारे हाथ में हैं अटल जी ने जिन्दगी को जी के दिखाया

श्री मोदी ने कहा कि वे कभी किसी के दबाव में नहीं आये क्योंकि वे अटल थे बाइट जीवन कितना लंबा हो यह हमरो हाथ में नहीं लेकिन जीवन कैसा हो यह हमारे हाथ में है और अटल जी ने यह जी करके दिखाया कि जीवन कैसा हो क्यों हो किसके लिए हो कैसे हो और जीवन सच्चे अर्थो में वही जी सकता है जो पल को जीना जानता हो और पल पल को जिसने जी करके जिन्दगी को संवारा सजाया और जनसामान्य के लिए खपा दी किशोर अवस्था से लेकर जीवन के अंत तक शरीर ने जब तक साथ दिया वे जिये देश के लिए देशवासियों के लिए वसूलों के लिएं सामान्य मार्मिक अरमानों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेई जी ने काफी लम्बा वक्त विपक्ष में रह कर गुजारा लेकिन कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया बाइट लोकतंत्र के मूलभूत चिंतन को पूर्णतया समर्पित रहते हुए संसदीय लोकतंत्र की हर परम्परा को गौरवगान करते हुए जन सामान्य के लिए आवाज तन करके जीना और अवसर आया जीवन को उन सपनों को पूरा करने के लिए लगा दे वे नाम से ही अटल थे ऐसा नहीं है उनके व्यवहार में भी रग रग में वह अटल भाव नजर आता है प्रार्थना सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अटल जी के साथ बिताये अपने पलों को साझा करते हुए बताया कि हमने बहुत कुछ अटल जी से सीखा और पाया प्रार्थना सभा में संघ प्रमुख मोहन भागवत भाजपा अध्यक्ष अमित शाह योग गुरू स्वामी रामदेव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला समेत देश के कई दिग्गज नेता मौजूद थे

पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थियां कल उत्तराखण्ड के हरिद्वार में गंगा नदी में उनकी बेटी नमिता भट्टाचार्य द्वारा प्रवाहित की गई

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लोक निर्माण विभाग से इस संबंध में जिलेवार रिपोर्ट और प्रस्ताव मांगे हैं श्री मौर्य ने कहा कि प्रत्येक महान और प्रमुख हस्तियों को सम्मान दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि बसपा के संस्थापक कांशीराम और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और जय प्रकाश नारायण के नाम से भी प्रदेश में सड़क बनाई जायेंगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक सड़क कूर्परी ठाकुर के नाम पर बनायी जायेगी इस रोड पर उनके नाम का एक बार्ड भी लगाया जायेगा इससे समाज में यह सदश जायेगा कि एक नेता मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहते हुए समाज में कैसे एक सामान्य जीवन व्यतीत करता था श्री मौर्य ने सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं से उन मार्गो की सूची बनाने के लिए कहा है जिनका नामकरण महापुरूषों के नाम पर किया जाना है

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर दे सकते हैं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

सावन माह के अन्तिम सोमवार पर आज प्रदेश भर में प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भक्तों द्वारा जलाभिषेक और पूजा अर्चना का दौर जारी है लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर अयोध्या के प्रसिद्ध नागेश्वरनाथ व कोटेश्वर महादेव और कनकभवन स्थित शिवालयों में ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु हरहर महादेव के मंत्रोच्चार के बीच दूध और जल से जलाभिषेक कर रहे हैं और बेलपत्र धतूरा तथा पुष्प भगवान शिव पर अर्पित कर उनकी आराधना कर रहे हैं वाराणसी में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में भक्तों द्वारा दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए लम्बी लम्बी कतारें देखने को मिली जगह जगह कावंड़ियों द्वारा निकाली गई झांकियां लोगों के आकर्षण का केन्द्र रही काशी आने वाले शिवभक्तों के लिए जगह जगह शिविर लगाकर फलाहार वितरित किये गये अमरोहा में सावन के आखिरी सोमवार को शिवालयों में बड़ी ध्रमधाम से कांवड़ियों ने प्रमुख नदियों से जल लाकर जलाभिषेक किया

संगम नदी इलाहाबाद कानपुर आगरा सहित विभिन्न जनपदों में शिव मंदिरों में बाबा भोले भंडारी का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है इस अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं प्रदेश में विभिन्न जनपदों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है राज्य की प्रमुख नदियां शारदा घाघरा सरयू और राप्ती उफान पर है जिससे नदी के आसपास के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गये हैं बस्ती जिले के हरैया और बस्ती सदर तहसील के दर्जनों गांव घाघरा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से बुरी तरह से प्रभावित है जिले में घाघरा नदी खतरे के निशान से पचास सेंटीमीटर ऊपर बह रही है प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है उधर गोण्डा और मऊ जिले में घाघरा का जलस्तर खतर के निशान से ऊपर पहुंच गया है गोण्डा के कई गांवों में पानी घुस गया है टापू बने इन गांवों में प्रशासन को राहत सामग्री वितरित कराने में काफो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहीं मऊ में कई सम्पर्क मार्गो पर पानी भरने से आवागमन बाधित हो गया है जिले के परसिया जयरामगिरि दुबारी भैरोपुर और सूरजपुर में बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को नाव की सहायता से राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है देश के हर गांव तक बिजली मुहैया कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना शुरू की हैं इन दोनों योजनाओं से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ हो रहा है हमारे लखनऊ संवाददाता की एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के वो गांव जो आजादी के बाद से ही अंधेरे में थे वहां आज केंद्र सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली पहुंच चुकी है हरदोई जिले के तउरा गांव के कई मजरों में दीन दयाल उपाध्याय विधुतीकरण योजना के जरिए पहली बार गरीबों के घरों में बिजली की रोशनी पहुंची गांव के निवासी रामकुमार ने बताया फ्री कनेक्शन मिला है इससे बहुत लाभ है मतलब पढ़ने लिखने के लिए रसोई में खाना बनाने के लिए गांव की ही निवासी फूलमती कहती हैं कि न केवल बिजली आने से उनका जीवन आसान हुआ बल्कि मिट्टी के तेल का खर्च भी बचा

सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना के तहत प्रदेश में लाखों गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है इस योजना के तहत संभल के सुलतानपुर गांव के दिलशाद को बिजली का कनेक्शन मिला उन्होंने आकाशवाणी को बताया पहले लाईट नहीं थी तो बड़ी मुश्किले आती थी और अब उजाला हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रदेश में केंद्र सरकार की इन दोनों महत्वाकांक्षी योनजाओं से लाखों गरीब परिवार को बिजली के कनेक्शन मिले हैं और उनकी जिंदगी में व्यापक बदलाव आया है

समाप्त